सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिबंधित किये गये चाइनीज ऐप देश के लिए खतरा हो सकते थे इसलिए यह कदम उठाया गया है पबजी गेम पर इससे पहले भी डेटा लीक करने को लेकर सवाल उठ रहे थे

मुख्यमंत्री सीहोर मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया मुख्यमंत्री पैदल चलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनीं श्री चौहान ने शाहगंज में कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के कामों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी फसलों के नुकसान के सर्वे के बाद किसानों की भरपाई की जाएगी

बिजली आपूर्ति भी ठीक की जाएगी मुख्यमंत्री ने बाढ़ की आपदा झेल रहे प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने का आश्वासन भी दिया मुख्यमंत्री ने सीहोर नगर पंचायत में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी ली उज्जैन महाकालेश्वर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्दालु पंचामृत नहीं चढ़ा सकेंगे साथ ही पुजारी भी शिवलिंग पर पंचामृत रगड़कर अर्पित नहीं करेंगे श्रद्वालु मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उपलब्ध कराया गया शुद्ध दूध और जल ही चढ़ा सकेंगे ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई में दिया महाकाल मंदिर के प्रशासक सुजान सिंह रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर मंदिर में पूजा अर्चना के लिये आवश्यक परिवर्तन के साथ सभी इंतजाम किये जा रहे हैं

कोरोना संकमण के कारण प्रत्येक बूथ पर मौजूदा मतदाताओं में से एक हजार ही वोट डाल सकेंगे शेष मतदाताओं के लिये नये बूथ बनाए जाएंगे

मंदसौर पैकेज लॉकडाउन के बाद अभी तक स्कूल बन्द हैं ऐसे में राज्य सरकार ने अपना घर अपना विद्यालय योजना के तहत बच्चों को उनके घर में ही पढ़ाने का आदेश दिया है कई शिक्षक बढ़ चढ़कर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कहा ष्यह सरकार का सबसे बड़ा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम है

एक क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है

इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात छह है

वहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के पांच संक्रमित मिले हैं

राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है श्राद्व परम्पराओं की मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का स्मरण करने और उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिये श्राद्द पक्ष आज से शुरू हो गया है इस पक्ष के दौरान लोग पवित्र सरोवरों और नदियों में पितरों के स्मरण में तर्पण करते हैं इस बार कोरोना संकमण के चलते आज प्रदेश के विभिन्न सरोवरों और नदियों में श्रद्वालुओं ने प्रशासन के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए तर्पण किया उज्जैन होशंगाबाद जबलपुर सहित अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों में लोगों ने कोरोना से बचाव के उपाय बरतते हुए अपने पितरों का तर्पण किया आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि जिले में अनेक घरों में लोगों ने पितरों का तर्पण किया

रायसेन जिले में औसत वर्षा दर्ज की गई है जो कि गत वर्ष हुई औसत वर्षा से अधिक है

अब यह डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी

फिट इंडिया अभियान के तहत नेहरु युवा केंद्र इंदौर के निर्देशन में आज खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया अशोकनगर जिले के चंदेरी में शिकारी द्वारा लगाए गए फंदे में फंसने से मादा तेंदुए की मौत हो गई